इसका अनावरण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरदार पटेल की यह प्रतिमा विश्व को साहसी पुरूष की याद दिलाएगी जिसने भारत को विखंडित करने के प्रयासों को विफल किया स्टेच्यू ऑफ यूनिटी ऊंचाई में अमरीका के स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी से दोगुनी है सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती प्रदेश भर में राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया गई और इस मौके रन फॉर यूनिटी दौड़ का आयोजन किया गया शिमला में हुए एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अपने संबोधन में कहा कि रियासतों के एकीकरण में सरदार वल्लभ भाई पटेल का बड़ा योगदान था और उनकी दूरदृष्टि व दूरदर्शी नेतृत्व के कारण ही भारत सम्प्रभु राष्ट्र बना जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शिता है कि ऐसे महान व्यक्तित्व के सम्मान में उन्होंने गुजरात स्टेच्यू ऑफ यूनिटी का अनावरण किया

इस अवसर पर शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज और पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने भी रियासतों के विलय के लिए सरदार पटेल के योगदान को याद किया उपचार कवरेज प्रदेश में कार्यान्वित की जा रही मुख्यंमत्री राज्य स्वास्थ्य देखभाल योजना और सार्वभौमिक स्वास्थ्य संरक्षण योजना के लाभार्थियों के लिए वार्षिक कैशलैस उपचार कवरेज को बढ़ा कर पांच लाख रुपए किया गया है

कृषि मंत्री रामलाल मारकंडा ने केलंग में आज राष्ट्रीय एकता दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में ये बात कही उन्होंने कहा कि ज़िले में पिछले महीने भारी बर्फबारी से हुए नुकसान का आकलन कर लिया गया है

कृषि मंत्री ने इस दौरान उपस्थित अधिकारियों कर्मचारियों स्कूली बच्चों और स्थानीय लोगों को राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई और रन फॉर यूनिटी को भी झण्डी दिखाकर रवाना किया

बजट को और अधिक लोक केन्द्रित बनाने के उद्देश्य से सरकार ने आम लोगों उद्यमियों व्यापारियों और कृषक संगठनों से सुझाव आमंत्रित किए हैं राज्यपाल प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सेवानिवृत मेजर जनरल डीवीएस राणा ने आज शिमला स्थित राजभवन में राज्यपाल आचार्य देवव्रत से भेंट की

इंदिरा गांधी राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी को उनकी पुण्य तिथि पर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी ने दिल्ली स्थित शक्ति स्थल पर पूर्व प्रधानमंत्री की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट में इंदिरा गांधी को श्रद्धांजलि दी इधर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिमला के रिज मैदान पर पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी को उनकी पुण्यतिथि पर पुष्पांजलि अर्पित की उन्होंने एकता अखंडता और आतंकवाद से एकजुट होकर लड़ने की शपथ भी लोगों को दिलाई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 नमस्कार